मतदान सात नवम्बर को होगा राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को एक और झटका

बसपा के साथ लड़ेगी चुनाव

कुल संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख इक्यासी हजार से अधिक हुआ चुनाव आयोग ने वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है आयोग की घोषणा के अनुसार सात नवम्बर को वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान कराया जायेगा यह सीट जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के असामयिक निधन के कारण खाली हो गयी थी पश्चिम चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव में ही लोकसभा की इस सीट के लिए भी वोट डाले जायेंगे

गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़कर मायावती के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का एलान किया है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन के पास कोई विजन नहीं है गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी महागठबंधन का साथ छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के साथ समझौता किया था इधर राजद और कांग्रेस के बीच भी सीटों को लेकर खींचतान बढ़ गयी है राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को उनकी हिस्से की सीटों के बारे में स्पष्ट तौर पर बता दिया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चौबीस घंटे के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए राजद नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने वामदलों को अपने हिस्से से सीटें दी हैं चुनाव की तारीखों के एलान के बावजूद एनडीए और महागठबंधन ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का एलान नहीं किया है उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अभी दिल्ली में हैं जहां वे पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात करेंगे इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं इधर जदयू और लोजपा के बीच खीच तान अब भी बनी हुई है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी का लोजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है एक अन्य घटनाक्रम में पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व वाले जन अधिकार पार्टी और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी बहुजन अघाड़ी ने भी मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं विधान परिषद् की आठ सीटों के लिए हो रहे चुनाव की अधिसूचना के बाद नामांकन की प्रक्रिया जारी है दरभंगा स्नातक क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार दिलीप चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया इधर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने अपना नामांकन पर्चा भरा

श्री अरोड़ा के साथ दोनों निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र राजीव कुमार और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आये हैं अब से थोड़ी देर बाद आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी इसमें निर्वाचन गृह विभाग और पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी शामिल हैं कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ टीम की मुलाकात का कार्यक्रम है इसके बाद इंफोर्समेंट एजेंसी और छब्बीस जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोग की टीम बैठक करेगी गुरूवार को यह दल गया के दौरे पर जायेगा जहां बारह जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी दिल्ली लौटने से पूर्व टीम राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी विधानसभा चुनाव में कोविड उन्नीस के मरीजों को मत पत्र के जरिये मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अन्दर आवेदन करना होगा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी देना होगा जिसमें कोरोना संक्रमित होने की बात स्पष्ट हो विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढ़ंग से संपन्न कराने के लिए जमुई और लखीसराय के क्षेत्रों में पुलिस ने नक्सलियों के विरूद्ध विशेष अभियान ललकार शुरू किया है इस अभियान में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं सर्च अभियान के दौरान पुलिस को लखीसराय के बरमसिया जंगल क्षेत्र से एक नक्सली मोनू कुमार साह को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की कडी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी दलों की राजनीति केवल विरोध पर आधारित है उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत छह बड़ी परियोजनाओं का शुभारभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए

आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन यह आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया इसलिए इन्हें परेशानी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों को संसद से पारित कराया है श्री तोमर आज राज्य के किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयकों के कानून बन जाने से किसानों की आय दोगुणी करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म होगा भाजपा के युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने आज समस्तीपुर में कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए कोसी रेल महासेतु आरंभ करने के साथ साथ किसानों के हित के लिए अनेक विकास योजनाएं प्रारंभ किये गये हैं और अब प्रस्तुत है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोहों के अवसर पर विशेष श्रृंखला में बापू की बात अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है

उनको कोई कर्म नहीं है उसका नाम कर्म का हो ही जाता है

यदि हम समझ कर कुछ कर्म करते हैं तो उसमें तो हम भगवान की स्थापना हम करते हैं अपने कर्म में राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार चार सौ उनतालीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख इक्यासी हजार चार सौ इक्हत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ पंचानवे मामले पटना जिले में सामने आये हैं पूर्णिया में निन्यानवे सुपौल में अड़सठ सहरसा में पैसठ पूर्वी चंपारण में अंठावन अररिया में पचपन और भागलपुर में इक्यावन नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी कई पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गयी है विभाग के अनुसार वर्तमान में बारह हजार छह सौ छियासी सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है महामारी से अब तक प्रदेश में आठ सौ चौरानवे लोगों की मृत्यु हुई है देश में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगभग बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब पचासी हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या आज इक्यावन लाख को पार कर गई देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर अब तिरासी प्रतिशत से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बिहार समेत देश के नौ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ठीक होने वालों की दर अस्सी प्रतिशत है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान संक्रमण के सत्तर हजार पांच सौ नवासी नए मामले सामने आए हैं इनको मिलाकर देश में संक्रमितों की संख्या इकसठ लाख पैंतालीस हजार दो सौ बानवे हो गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आगामी बाईस अक्टूबर को होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है समिति की ओर से जारी सूचना में इसके लिए किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया गया है बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जायेगी प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम हो गयी है जिसके चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा

कटिहार में महानंदा गंगा बरंडी और कोसी नदी में उफान के कारण जिले के लगभग साढ़े तीन सौ गांवों में पांच लाख से अधिक की आबादी फिर से बाढ़ की चपेट में हैं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और भाजपा नेता धर्मेन्द्र प्रसाद का पटना में असामयिक निधन हो गया वे लगभग सत्तर वर्ष के थे वे वर्ष दो हजार में मसौढ़ी विधानसभा से राजद के टिकट पर निर्वाचित हुए थे उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है पूर्व विधायक का पार्थिव शरीर आज विधान सभा परिसर में लाया गया जहां विधानसभा अध्यक्ष सहित विधायकों और विधान पाषदों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी पूर्व विधायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी केन्द्र सरकार ने एक वेबसाइट की इस खबर का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को विवाह के लिए केन्द्र सरकार पचास हजार रूपये देगी एक ट्वीट में पत्र सूचना ब्यूरो ने इस दावे को गलत बताया है इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है

गूप्त सूचना के आधार पर की गयी छापेमारी में एक वाहन से एक सौ चौबीस कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है

मतदान सात नवम्बर को होगा राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को एक और झटका

बसपा के साथ लड़ेगी चुनाव

कुल संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख इक्यासी हजार से अधिक हुआ